उन्होंने आज लोकसभा में बजट पेश करते हुए कहा कि इसके तीन प्रमुख भाग है महत्वाकांक्षी भारत सबके लिए आर्थिक विकास और हमारा संरक्षित समाज उन्होंने कहा कि यह बजट प्रत्येक नागरिक के जीवन को सहज बनाने के लिए है

यह बजट लोगों की आय सुनिश्चित करने और कय शक्ति बढाने के लिए है श्रीमती सीतारमण ने कहा कि जीएसटी से देश आर्थिक रूप से एकीकृत हुआ है और इन्स्पेक्टर राज का अंत हुआ है

कम जीएसटी दरों के कारण औसत परिवार के मासिक खर्चे में चार प्रतिशत की बचत हई है

श्रीमती सीतारमण ने अपने बजट भाषण में कई घोषणा की

प्रधानमंत्री किसान योजना के सभी पात्र लाभार्थी के सी सी स्कीम में शामिल होंगे

वित्त मंत्री ने कहा कि धन्य लक्ष्मी योजना के तहत गांव के अनाज समुचित भंडारण के लिए विशेष केन्द्र बनाये जायेंगे जिसका संचालन महिलाएं करेंगी

वित्त मंत्री ने दूध मांस और मछली समेत खराब होने वाली वस्तुओं के लिए किसान रेल चलाने की भी घोषणा की समुद्री मत्स्य संसाधनों के प्रबंधन के लिए एक फ्रेमवर्क बनाने का भी प्रस्ताव किया

इसके अलावा नागर विमान मंत्रालय द्वारा अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय मार्गो पर कृषि उडान की शुरूआत करने का भी प्रस्ताव किया उन्होंने कहा कि नाबार्ड की फिर वित्त पोषण योजना का विस्तार किया जायेगा वित्त मंत्री ने कहा कि वर्षा सिंचित क्षेत्रों में एकीकृत कृषि प्रणाली का विस्तार किया जायेगा वहीं एक उत्पाद एक जिला पर फोकस करने वाले राज्यों को बेहतर विपणन और निर्यात की सहायता मिलेगी

उन्होंने कहा कि सरकार का हर घर को शुद्ध पानी पहुंचाने का लक्ष्य है

उन्होंने कहा कि समाज के वंचित वर्ग के विद्यार्थियों के लिए डिग्री स्तर पर ऑनलाईन शिक्षा कार्यक्रम शुरू किये जायेंगे वित्त मंत्री ने कहा कि शिक्षा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश लाया जायेगा

इसके अलावा राष्ट्रीय पुलिस विश्वविद्यालय और राष्ट्रीय फोरेन्सिक विश्वविद्यालय का भी प्रस्ताव है

उन्होंने कौशल विकास के लिए तीन हजार करोड रूपए के प्रस्ताव की भी घोषणा की उन्होंने आदर्श कानून की कियान्विती करने वाले राज्यों को प्रोत्साहन देने की बात कही

इसी तर्ज पर मेडिकल कॉलेज भी बनाये जायेंगे

मम्बई अहमदाबाद हाईस्पीड ट्रेन के काम मे तेजी लाई जायेगी वहीं पर्यटन स्थलों के लिए तेजस जैसी और ट्रेने चलाई जायेगी पीपीपी मॉडल से स्टेशन के पुनर्विकास की चार परियोजनाएं पूरी होगी

सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों में अगले तीन साल में प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाये जायेंगे

उन्होंने बजट में उद्योगों की बात करते हुए कहा कि देश को तकनीकी वस्त्रों में अग्रणीय बनाने के लिए राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन का प्रस्ताव किया गया है

वहीं उच्चतर निर्यात ऋण वितरण हासिल करने के लिए एक नई स्कीम निर्विक शुरू की गई है इसके अलावा सरकार की मोबाईल फोन इलेक्ट्रोनिक उपकरण सैमी कंडक्ट पैकेजिंग के विनिर्माण को बढावा देने के लिए योजना है

उन्होंने कहा कि बेटी बचाओं बेटी पढाओं अभियान के सुखद नतीजे मिले है और स्कूलों में लडकियों की संख्या बढी है